कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी झेल रही प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को किया बहाल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित

प्रश्नकाल शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान दूरदराज और दुर्गम इलाकों में फायर स्टेशन खोलने का मामला गूंजा विधायक जियालाल के मूल और विक्रम सिंह जरियाल व मोहन लाल ब्राक्टा के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार दूरदराज व दूर्गम स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर फायर स्टेशन खोलने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि पांगी का क्षेत्र हो या फिर चिड़गांव डोडरा क्वार का इलाका हो वहां पर खासकर सर्दियों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और इस दौरान भारी नुकसान भी हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी में अग्निशमन केंद्र खोलने को लेकर विभाग से रिपोर्ट आ गई है और अब सरकारी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है कांग्रेस सदस्य मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र का चिड़गांव डोडरा क्वार का इलाका भी पिछड़ा और दुर्गम है वहां भी आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और सरकार की ओर से मदद भी की गई उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फायर स्टेशन के मामले की जांच की जाएगी और फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी भाजपा सदस्य विक्रम सिंह जरियाल ने हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन कार्यालय खोलने की मांग की

उन्होंने बताया कि एफआरए क्लीयरेंस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक आठ बार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किए जा चुके है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है कांग्रेस सदस्य राम लाल ठाकुर के मूल और भाजपा सदस्य सुभाष ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं का निपटारा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस मामले के समाधान के लिए वित्तायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री वकतव्य कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी झेल रही प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल कर दिया है सरकार ने ये फैसला विधायकों की लगातार मांग के दृष्टिगत लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव से संबंधित कृशल प्रबंधन के फलस्वरूप प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रबंधन के चलते राज्य में हो रहे विकास कार्यों के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं आई मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान सरकार द्वारा बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध जो खर्च किया गया है वह पिछले वित्त वर्ष के प्रथम पांच वर्षों में हुए खर्च से कहीं अधिक है कोरोना महामारी के कारण बंद की गई विधायक क्षेत्र विकास निधि को मात्र पांच महीने में ही बहाल कर दिया गया है विधानसभा के मॉनसून सत्र के विपक्षी दल कांग्रेस जहां पहले दिन से ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग कर रहा था वहीं सत्तापक्ष के अधिकांश विधायक भी इस निधि को बहाल करने के पक्ष में थे क्योंकि उन्हें भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के छोटे छोटे कार्य पूरा करने में दिक्कतें आ रही थीं इस निधि को बहाल करने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज प्रदेश विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से की

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद प्रदेश की वित्तीय स्थिति में स्थिरता न आई होती तो शायद इस मांग पर कोई निर्णय ले पाना कठिन होता

प्वांड्ट ऑफ आर्डर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिमला मटौर फोरलेन मामले को फिर से केंद्र के समक्ष उठाया है

वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के तहत ये मामला उठाए जाने पर बोल रहे थे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत ये सत्र विधानसभा के इतिहास में सबसे अलग रहा है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वे आसन का सम्मान करते हैं और विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी लोगों की समस्याओं को सदन में रखना है विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण माहौल में चलाए जाने के लिए सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज का आभार जताया उन्होंने सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी सदन में आने के लिए आभार जताया

हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों या संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया केन्द्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी क्षेत्रों के विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे

इस कार्यकम में प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर साहसिक और देश हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को समेटा गया है

बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ये बसें निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक चलाई जाएंगी और इन सभी बसों की बुकिंग ऑनलाईन माध्यम से भी उपलब्ध हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और रोजगार सुजन पर विशेष जोर दे रही है वे आज मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र मोवी सेरी और शाला पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे